प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया में निवेशकों के लिए सबसे अनुकूल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है क्योंकि यहां निवेशकों के लिए वे सब सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनकी वे अपेक्षा करते हैं आज मुंबई में एशियन इंफ्रास्ट्रक्वर इनवेस्टमेंट बैंक एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि निवेशक पैसा लगाते समय देश के विकास और वहां अर्थव्यवस्था की व्यापक स्तर पर स्थिरता की उम्मीद करते हैं

उन्होंने यह भी कहा कि विदेशी निवेश के लिहाज से भारत को बहुत ही कम जोखिम वाली राजनैतिक अर्थव्यवस्था माना जाता है जिसमें नियमों और कायदे कानूनों को काफी सरल बना दिया गया है और व्यापक सुधार किये गए हैं भारतीय जनता पार्टी आज देश में आपातकाल लागाू किये जाने के विरोध में काला दिवस मना रही है

हम देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी को जागरूक करना चाहते हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं उन्होंने केवल एक परिवार को बचाने के लिए देश को जेल में तब्दील कर दिया और सभी बड़े नेताओं को बंद कर दिया

उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने कहा है कि अपने साथी नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करने वाले असहिष्णु लोगों को भारतीय कहलाने का कोई अधिकार नहों है उन्होंने कहा कि ये भारत के आधारभूत मूल्यों और स्वभाव के विपरीत है कल नई दिल्ली में प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश की पुस्तक इमरजेंसीः इंडियन डेमोक्रेसीज डार्केस्ट आवर का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि ये पुस्तक आपातकाल के बाद जन्मी यूवा पीढ़ी की शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस अवसर पर डॉक्टर सूर्यप्रकाश ने कहा कि इस प्रस्तक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग उस अंधेरे यूग को भूले नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसका ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है

लखनऊ में केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आपातकाल की सामन्ती और अलोकतांत्रिक कांग्रेसी मानसिकता आज भी जिन्दा है और कांग्रेस के माथे पर लगा आपातकाल का कलंक कभी नहीं मिट सकता नकवी आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से लखनऊ में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा देश के स्वतंत्रता संग्राम की तरह आपातकाल की घटनाओं को भी पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस कदम से लोकतंत्र सेनानियों द्वारा दी गई कुर्बानियों के बारे में देश की युवा पीढ़ी को जानकारी मिलेगी

इस कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान जेल में रहने वाले विभिन्न लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता लालजी टण्डन प्रदेश सरकार के मंत्री आश्रतोष टण्डन बृजेश पाठक स्वाति सिंह और भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी हरीश चन्द्र श्रीवास्तव भी मौजूद रहे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में शराब और अन्य नशीले पदार्थों की लत छुड़ाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को नशे की लत छोड़नी चाहिए

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि नशे की लत से मुक्ति दिलाने के लिए देशभर में चार सौ एकीकृत नशा मुक्ति केन्द्र चलाए जा रहे हैं नशे की लत से जूझ रहे व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों तथा समुदायों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई है

बुन्देलखंड के भी कुछ हिस्सों में बारिश होने से वहां तापमान में गिरावट आई है प्रदेश में तराई के पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के साथ ही जौनपुर बदायूं आर चित्रकूट में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश के समाचार मिले हैं चित्रकूट से हमारे प्रतिनिधि ने जानकारी दी है कि बारिश की वजह से किसान काफी खुश है पीलीभीत में भी बारिश के बाद किसानों ने बोआई की तैयारी शुरू कर दी है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट पानी न गिरने से जहां भीषण गर्मी से लोग जूझ रहे थे वहीं फसलें भी सूखने लगीं थीं मंगलवार को अच्छी बरसात हो जाने से सभी ने राहत महसूस की फसलों में हुए लाभ के बारे में कृषि वैज्ञानिक डाक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका ने बताया बाइट आज लंबे इंतजार के बाद ये जो पीलीभीत में वर्षा हुई है ये हमारी कृषि के लिए बहत अच्छी है क्योंकि बहत सारे लोगों ने यहां धान लगा दिया था और अब उसका इंतजार कर रहे थे नहीं तो वह उसमें इतना पानी नहीं दे पा रहे थे जितना बारिश से दिया जाता है इसी के साथ साथ गन्ने की जो फसल है उसमें भी लगभग हर चौथे पांचवें दिन पानी लग रहा है ताल पोखर सूखे होने से पशु पक्षी व टाइगर रिजर्व के जीव प्यास बुझाने को भटक रहे थे सीजन की यह पहली बरसात इन बेजुवानों को भी राहत दे गई सतीश मिश्र आकाशवाणी समाचार पीलीभीत सरकार ने सहकारी चीनी मिलों की कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रबंधन में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं इनके तहत सभी चीनी मिलों में सीसी टीवी कैमरे लगाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हर शिफ्ट में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा चीनी मिलों में एक अतिरिक्त क्वैड सेट की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गय है ताकि पेराई सीजन के दौरान चीनी मिल की सफाई के लिए उसे बंद न करना पड़े